प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो देश को दिया है वह हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था युवाओं को देश में उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि निडर बेबाक साहसी और आकांक्षी युवा ही वे रीढ़ हैं जिनपर राष्ट्र को आगे ले जाने की जिम्मेवारी है

इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव के साथ राष्ट्रीय युवा संसद समारोह भी आयोजित किया गया

श्री मोदी कल शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे

श्री मोदी ने कहा कि देश में बनी दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी गई है

श्री मोदी ने कहा है कि पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में तीन करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्य सरकारों को कोई खर्चा नहीं करना होगा दूसरे चरण में पचास वर्ष से अधिक आयु और किसी भी रोग से ग्रस्त पचास वर्ष से कम आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विचार विमर्श तथा सहयोग से कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहुत मदद मिली है और देश में संघीय व्यवस्था का अच्छा उदाहरण सामने आया है

प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के दौरान अफवाहों के खिलाफ कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर कुछ स्वार्थी तत्व अफवाहें फैलाने का काम कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कि इस टीकाकरण अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उन लोगों की पहचान और निगरानी करना है जिन्हें टीके की आवश्यकता है इसके लिए को विन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को पहला टीका लगाए जाने के बाद को विन तत्काल एक डिजिटल टीकाकरण प्रमाणपत्र तैयार करेगा

यह वैक्सीन परिवारजनों दोस्तों रिश्तेदारों सहकर्मियों और अन्य करीबी संपर्कों में इस बीमारी को फैलने से भी रोकेगी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन का वितरण आज से शुरू हो गया है छह शीत भंडारण कटेनरों में ये वैक्सीन कड़ी सुरक्षा के बीच पुणे हवाई अड्डे भेजी गई वैक्सीन भेजने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में धार्मिक अनुष्ठा्न पूरे किए गए और मिठाइयां बांटी गई

कोरोना टीकाकरण अभियान देशभर के साथ ही झारखंड में भी सोलह जनवरी से शुरू हो जाएगा इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं राज्य के सभी जिलों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास पहले ही किया जा चुका है

इसे लेकर रांची के नामकुम स्थित वैक्सीन सेंटर में व्यवस्था की गई है राज्य के एक र्सो उन्तीस केंद्रों पर टीकाकरण की शुरूआत की जाएगी सभी केंद्रों पर पहले दिन एक एक सौ लोगों को टीका दिए जाने की तैयारी है कोरोना टीकाकरण को लेकर रांची जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है इसे लेकर रांची में कल उपायुक्त छवि रंजन ने सभी कोषांगों के कोरोना टीकाकरण के लिए अब तक की गयी तैयारियों की विस्तार से चर्चा की इस दौरान उपायुक्त ने टीकाकरण के पहले फेज के लिए चयनित लाभार्थियों के डेटाबेस और पोर्टल पर अपडेट की जानकारी ली उन्होंने मेटेरियल सेल के प्रभारी पदाधिकारी से सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया टीकाकरण के लिए चयनित डॉक्टर नर्स एएनएम और अन्य सभी कर्मियों के ट्रेनिंग की जानकारी भी ली उपायुक्त ने कहा कि टीकाकरण के कार्य में प्रशिक्षित कर्मी को ही भेजा जाये उन्होंने टीकाकरण सेंटर पर मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक पर वरीय प्रभारी बनाये गये हैं जो पांच से छह टीकाकरण केंद्र के वरीय प्रभार में रहेंगे

झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानबे दशमलव नौ दो प्रतिशत पहुंच गई है राज्यभर में अबतक एक लाख चौदह हजार पांच सौ इकतीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं

इसी के साथ राज्य में अबतक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख सोलह हजार नौ सौ इकसठ पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ उन्तीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई राज्यभर में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार तीन सौ बिरासी रह गई है राज्यभर में कल एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अब तक मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक हजार अड़तालीस पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा इकहतर रांची जिले के पॉजिटिव शामिल हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार राजधानी रांची में सिर्फ परेड और झांकियों के प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां की जायेंगी उन्होंने बताया कि इस बार सोशल डिस्टैंसिंग पालन करते हुए तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है उपायुक्त ने कहा कि इस बार प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे श्रीरंजन कल रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर वरीय पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राजधानी रांची के उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग के इंजीनियरों का टेलीफोन नम्बर जारी किया है जेबीवीएनएल द्वारा जारी टेलीफोन नम्बरों पर बिजली बिल नहीं मिलने या देर से मिलने की शिकायत दर्ज करायी जा सकती है

वहीं अन्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग पांच और मोबाइल नम्बर जारी किए गए हैं पाकुड जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी की जा रही है

आठ बजे के बाद कोहरा धीरे धीरे साफ होने लगा मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में आज से एक बार मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है

मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि आज हवा की गति बढ़ने की संभावना है जिससे न्यूनतम तापमान में कमी आएगी

उप राजधानी दुमका और चाईबासा में कल लगभग तीन दर्जन से अधिक पक्षियों की मौत हो गई सरकार ने एडवाइजरी जारी कर सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं